बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर आठ सौ उनासी हुई

आज प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर चौबीस श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्म निर्भर भारत के लिए बीस लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और कहा है कि आत्म निर्भरता ही यह सुनिश्चित करने का एक मात्र रास्ता है कि इक्कीसवीं सदी भारत की है राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह पैकेज कोविड उन्नीस संकट के दौरान सरकार द्वारा पहले से घोषित और रिजर्व बैंक द्वारा किये गये फैसलों को मिलाकर बीस लाख करोड़ रुपये का है यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत है श्री मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी

इन सुधारों में कृषि की आपूर्ति श्रेखंला में सुधार कर प्रणाली को संगत बनाना साधारण और स्पष्ट कानून बनाना मानव संसाधन को सक्षम बनाना और मजबूत वित्तीय प्रणाली तैयार करना शामिल है इन सुधारों से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा निवेश आकर्षित होंगे और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी

उन्होंने कहा कि कोविड संकट से स्थानीय विनिर्माण स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के महत्व का सबक मिला है संकट के दौरान भारत की मांग स्थानीय स्तर पर प्ररी हुई उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि स्थानीय उत्पादों पर जोर दिया जाए और इन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने में सहायता की जाए

उन्होंने कहा कि इससे शासन को बल मिलेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि बीस लाख करोड़ रूपये का पैकेज अब तक सबसे बड़ा पैकेज है एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है सूक्ष्म लघू और मध्य उद्यम मंत्री नीतिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित किए गए बीस लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र की आकांक्षाएं और जरूरतें पूरी की हैं भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की प्रशंसा की है परिसंघ के महानिदेशक चन्द्रजीत बैनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने असाधारण परिस्थिति से निपटने को लिए असाधारण आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उन्होंने कहा कि बीस लाख करोड़ रूपये के पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भरपूर मदद मिलने की संभावना है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ तीस नये मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर आठ सौ उनासी हो गयी है नये मरीजों में पटना जिले में बीएमपी के छह जवानों सहित अठारह लोग शामिल हैं जमुई जिले में एक मरीज मिलने के साथ ही कोरोना ने सभी जिलों में पैर पसार दिया है पिछले चौबीस घंटों में खगड़िया और जहानाबाद में सोलह सोलह पश्चिम चम्पारण में चौदह रोहतास से तेरह नालंदा में बारह बेगूसराय में नौ मधुबनी और नवादा में चार चार मुजफ्फरपुर में तीन दरभंगा औरंगाबाद सारण शेखपुरा समस्तीपुर और गोपालगंज में दो दो तथा सुपौल प्रर्णियां भागलपुर सीवान कटिहार भोजपुर जमुई लखीसराय मुंगेर और अरवल में एक एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक सौ तीस मरीजों में से एक सौ चौबीस संक्रमित मरीज बाहर से आए हुए हैं जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन केंद्र में रखा गया अब तक तीन सौ तिरासी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौहत्तर हजार दो सौ इक्यासी हो गयी है इनमें चौबीस हजार तीन सौ छियासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से दो हजार चार सौ पन्द्रह लोगों की मृत्यु हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पड़ोसी राज्यों से प्रदेश लौटने के इच्छुक श्रमिकों को बस के माध्यम से भी बिहार लाने का निर्देश दिया है उन्होंने पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि विभिन्न प्रदेश में फंसे श्रमिकों को यथाशीघ्र वापस लाया जाये मुख्यमंत्री ने क्वारेंटीइन सेन्टर और आईसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई और पल्स ऑक्सीमीटर समेत अन्य चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने को भी कहा है बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है आज चौबीस श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां बिहार के विभिन्न स्टेशन पर पहुंच रही हैं अनुमान है कि इसमें तीस हजार से अधिक लोग अपने घर लौटेंगे इधर रेलवे राज्य सरकार और अन्य राज्यों के बीच समन्वय से एक सौ सड़सठ और श्रमिक रेल गाडियां चलायी जायेंगी प्रदेश में अबतक एक सौ पन्द्रह ट्रेन एक लाख तैंतीस हजार से अधिक प्रवासियों को लेकर विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में इन गाडियों से साढे तीन लाख से अधिक कामगारों की घर वापसी की संभावना है इस बीच भारतीय रेलवे ने कहा है कि देश भर में पांच सौ बयालीस श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से अब तक लगभग साढ़े छह लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्दधन ने कहा कि देश में कोरोना मरीजों के सैंपल की जांच क्षमता बढ़कर एक लाख जांच प्रतिदिन हो गई है उन्होने कहा कि तय समय से पहले ही यह उपलब्धि हासिल हुई है

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जांच की क्षमता बढ़ाने को उद्देश्य से तेरह जिलों के अस्पतालों को पन्द्रह ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करा दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि नालंदा जिले में पावापूरी के वर्दधमान इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है राजेंद्रनगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए विशेष रेल यात्री सेवा शुरु हो गयी है कल विशेष रेलगाडी पटना से आठ सौ छप्पन यात्रियों को लेकर रवाना हुई यह ट्रेन प्रतिदिन शाम सात बजकर बीस मिनट पर राजेंद्रनगर टर्मिनल से खुलेगी वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली जंक्शन से शाम पांच बजकर पंद्रह मिनट पर राजेंद्रनगर के लिए रवाना होगी केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ही टिकट बुकिंग की जा रही है

रेल यात्रा शुरु होने से यात्रियों ने खुशी जतायी दिल्ली जा रहे एक यात्री ने अपने अनुभव साझा करते हुये कहा बाइट हमारे संवाददाता ने बताया कि इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध है बाईट इन ट्रेनों के प्रस्थान के साथ ही लगमग डेढ़ महीने बाद यात्री ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से शुरू हो गया कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की जांच की जा रही है और कोरोना के लक्षण नहीं पाये जाने पर ही यात्रियों को ट्रेन में सफर करने दिया जा रहा है वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहनों के चालकों को कन्फर्मड ई टिकट के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जा रही है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार इधर देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य की सीमा पर आने वाले यात्रियों को उनके गृह जिला पहुंचाने के लिए अंतर जिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गयी है पहली ट्रेन का परिचालन कैमूर जिले के कर्मनाशा स्टेशन से शुरू हुआ ये ट्रेन तेरह सौ बीस यात्रियों को लेकर दानापुर बरौनी होते हुये कटिहार पहुंची वहीं गृह विभाग ने कहा है कि ई टिकट लेकर ट्रेनों से पटना पहुंच रहे यात्री टैक्सी ब्रक कर अपने घरों तक जा सकेंगे ई टिकट बतौर यात्रा पास बारह घंटे तक के लिए मान्य होगा टैक्सी में चालक के अतिरिक्त दो सवारियों के बैठने की छूट होगी यात्री निजी दो पहिया वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है खगड़िया जिले की एक लाभार्थी ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है

उन्होंने कहा कि इनमें चार पहिया और दो पहिया वाहनों के साथ ट्रैक्टर के शोरूम भी शामिल है उन्होंने कहा कि काम पर आने वाले कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि क्वारेंटाइन सेन्टरों में सुधा के दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की सप्लाई की जा रही है उन्होंने कहा कि कम्फेड के माध्यम से संकलित दूध से पाउडर भी बनाया जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश आज से अपने घर से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने अन्य जजों से विचार विमर्श के बाद यह व्यवस्था की है उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी मुख्य न्यायाधीश ने लॉकडाउन और कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये यह व्यवस्था की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है आत्मनिर्भरता के लिए अपूर्व पैकेज दैनिक जागरण ने ट्रेनों के परिचालन शुरू होने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है चली ट्रेन तो लगा दिल्ली अब दूर नहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज लॉन्च होगा पोर्टल जमाबंदी की गड़बड़ियां ऑनलाईन सुधारी जा सकेगी प्रभात खबर की खबर है जांच पॉजिटिव मिलने की दर बढ़कर दो शमलव तीन फीसदी हुई राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कोरोना की मौजूदगी में डराने लगी है एईएस की आहट

बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर आठ सौ उनासी हुई

आज प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर चौबीस श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही हैं